अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की बारिश की सम्भावना बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के साथ है और कृषि सुधार की दिशा में पिछले छह सालों में व्यापक कदम उठाये गये हैं उन्होंने कहा कि किसानों के मन में कुछ शंकाएं हैं जिसका सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि निजी मंडी के प्रवेश से किसानों की आमदनी बढ़ेगी ठेके आधारित कृषि की चर्चा करते हुये श्री तोमर ने कहा कि कई राज्यों में यह व्यवस्था अभी भी लागू है और कहीं भी किसानों की जमीन न तो गिरवी रखी गयी और न ही उनकी जमीन लीज पर ही ली गयी किसानों और व्यापारियों के बीच केवल अनाज को लेकर समझौता हुआ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि क्षेत्र में जारी सुधारों को लेकर विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री प्रसाद पटना के बख्तियारपुर में किसान चौपाल को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रही हैं श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों का एक वर्ग निहित स्वार्थ वाले लोगों के प्रभाव में आ गया है उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कृषि सुधारों के बारे में आपत्तियों का निवारण करने की दिशा में काम कर रही है

श्री प्रसाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

गौरतलब है कि कृषि कानून के पक्ष में प्रदेश भाजपा की ओर से पच्चीस दिसंबर तक राज्यभर में किसान रैली और सभा का आयोजन किया जा रहा है तेरह दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नब्बे से अधिक सभाएं करेंगे इस कानून के समर्थन में हर जिले में किसान सम्मेलन किया जायेगा वहीं सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसान पंचायत का आयोजन होगा सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत नौ रबी फसलों के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है किसान विभाग के पोर्टल पर गेहूँ मक्का चना मसूर अरहर सरसों ईख प्याज और आलू के लिए निबंधन करा सकते हैं इस योजना के अन्तर्गत फसल में बीस प्रतिशत की क्षति होने पर किसानों को साढ़े सात हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति दी जाती है अधिक नुकसान होने पर यह राशि दस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर है देश में कोरोना टीकाकरण के लिए मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मतदाता सूची का प्रयोग अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि कोविड उन्नीस टीकाकरण को लेकर मतदान केन्द्र की तर्ज पर टीकाकरण केन्द्र बनाये जायेंगे पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बिहार को सात लाख और दूसरे चरण में एक करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे बाईट प्रतिदिन एक सौ लोगों को हम डोज दे पाएंगे और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स चिकित्सा चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं

तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकतानुसार उनको देना भी है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गयी है एक दिन में पांच सौ अड़तालीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख छत्तीस हजार सात सौ सैंतीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में पांच सौ नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख तैंतालीस हजार दो सौ अड़तालीस हो गयी है एक दिन में कोरोना के चार मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ इक्कीस हो गया है इस बीच पूर्व मुख्यमत्री जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमण पाए गये हैं श्री मांझी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए बाईट हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है मास्क रखना है अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें पछ्आ हवा चलने से राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहासे में कमी आई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने से ठंड में बढ़ोतरी की सम्भावना है

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दानापुर आनंद विहार टर्मिनल अलीपुरद्वारा दिल्ली कामख्या आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार सीतामढ़ी के बीच चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन सोलह दिसम्बर से अप और डाउन में रद्द रहेगी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गया और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलायी जाने वाली एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन के दिनों में कमी की गई है अब यह रेलगाड़ी सप्ताह में सोमवार शुक्रवार और रविवार को ही चलेगी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इस बार पचास प्रतिशत सीटों के अलावा केन्द्रीय कोटे के तहत बची सीटों पर भी नामांकन लिया जायेगा नई व्यवस्था के प्रभावी होने से राज्य को बहत्तर सीटें अधिक मिल गयी हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद इन सीटों को दूसरे चरण की काउंसिलिंग में शामिल करेगा प्रदेश में इस बार एमबीबीएस और बीडीएस की कुल एक हजार एक सौ बहत्तर सीटों पर नामांकन लिये जायेंगे राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार के सेंथिल कुमार को कोसी प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है वहीं बाला मुरुगन डी को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का परियोजना निदेशक बनाया गया है वे ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे गोपाल मीणा को लघ् जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव संजय कुमार सिंह को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य परियोजना निदेशक और विनोद सिंह गुंजियाल को पशुपालन विभाग में निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है अमरेंद्र प्रसाद सिंह को उद्योग विभाग में विशेष सचिव बी कार्तिकेय धनजी को उत्पाद आयुक्त और रंजीता को श्रम आयुक्त की जिम्मेदारी दी गयी है सीबीआई की विशेष अदालत के निर्देश पर सुजन घोटाले के दो मुख्य आरोपियों अमित कुमार और रजनी प्रिया की सम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जारी है अब तक दोनों आरोपियों की भागलपुर के विभिन्न अंचलों में स्थित छह सम्पत्तियों को जब्त किया जा चुका है शेष छह अन्य सम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई आज से शुरू होगी राजद ने तरैया के पूर्व विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय और दरभंगा के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव समेत ग्यारह नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षो के लिए निष्कासित कर दिया है विधानसभा चुनाव में भितरघात करने के मामले में यह कार्रवाई की गयी है दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण द्रकान से करोड़ों रूपये के जेवरात की लूट के मामले में एसआईटी ने मधुबनी से तीन और हाजीपुर से एक संदिग्ध का हिरासत में लिया है कैमूर जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जंगली जीव जन्तुओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर छह तस्करों को गिरफ्तार किया है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

हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में उद्योगों को बड़ी राहत की तैयारी नये साल में उद्योग लगाने में मुश्किलों को दूर करेगा लाईसेंस होलीडे दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है ट्रकड़े ट्रकड़े गैंग से सख्ती से निपटेगी मोदी सरकार दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में आरटीजीएस की सुविधा आज से चौबीसों घंटे प्रभात खबर ने लिखा है किसानों की आज भूख हड़ताल अमित शाह गतिरोध दूर करने में जुटे दैनिक आज लिखता है अठारह दिसम्बर से बढ़ेगा ठंड का कहर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की बारिश की सम्भावना